मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के हज हाउस में बनाये गये कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया दो सौ पचपन बेड वाले इस अस्पताल को हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया है इस अवसर पर रक्षामंत्री ने संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने में तत्परता दिखाई है एक दिन पूर्व ही लखनऊ के शिल्प ग्राम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा स्थापित पांच सौ बेड का अस्पताल शुरू किया गया है उन्हॉने कहा कि यह समय आलोचना करने का नहीं बल्कि रचनात्मक सुझाव देने का है रक्षामंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोविड नियंत्रण के लिये किये जा रहे प्रयासों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने महामारी के इस संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इससे निपटने के लिये गम्मीरता के साथ प्रयास किये हैं श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अन्य देशों के साथ भारत के सम्बन्यों में प्रगाढ़ता आयी है इसी का परिणाम है कि संकट के इस समय में पूरा विश्व हमारी मदद के लिये आगे आ रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार कोविड पर नियंत्रण के लिये लगातार उपाय कर रही है उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व ही वाराणसी में डीआरडीओ के सहयोग से स्थापित सात सौ पचास बेड का अस्पताल शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि पीएम केयर फण्ड से राज्य के सभी जनपदों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाये जा रहे हैं इसके अलावा विभिन्न विभागों और निजी कम्पनियों के सहयोग से जनपदों में तीन सौ ऑक्सीजन संयंत्र भी स्थापित किये जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि पिछले दस दिनों में राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों में चौरानबे हजार से अधिक की कमी आई है श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में प्रतिदिन कोविड के सर्वाधिक नमूनों की जांच करने वाला राज्य है मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग महामारी को सामान्य फ्लू समझने की भूल न करें और इससे बचाव के सभी एहतियाती उपाय करें

बचाव ही बीमारी में सर्वोत्तम उपाय है और बचाव के लिये हम लोगों को एक कोरोना के जो प्रोटोकॉल तय किये गये हैं हाई रिश्क कटेगरी से जुड़े हुए जितने लोग है वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें वे घर में रहें घर में भी मॉस्क का इस्तेमाल करें जिसमें साठ साल से उपर के लोग दस वर्ष से कम के बच्चे गर्मवती महिलायें कम इम्युनिटी के लोग एनेस्थ्रेटिक और बीमारियों से ग्रसित लोग ये सभी लोग इसमें सतर्कता बरतें

पिछले चौबीस घंटों में राज्य में महामारी से उन्तीस हजार तीन सौ अट्ठावन लोग स्वस्थ हुए हैं जबकि इस दौरान बीस हजार चार सौ तिरसठ लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुयी है प्रदेश में इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या दो लाख सोलह हजार सत्तावन है अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी के साथ जारी है कल एक दिन में राज्य में दो लाख तैंतीस हजार से ज्यादा नमूनों की जांच की गयी अब तक चार करोड़ चौंतीस लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है

अब तक एक करोड़ उन्तालीस लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के एक करोड़ दस लाख से ज्यादा लोगों को पहला टीका और अट्ठाईस लाख उन्सठ हजार से ज्यादा लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है प्रदेश के अट्ठारह जनपदों में अट्ठारह से चौवालीस वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का भी टीकाकरण जारी है इस आयु वर्ग के एक लाख छियासठ हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है

ऑक्सीजन संयंत्र लग जाने से जनपद में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में सहायता मिलेगी साथ ही आरटीपीसीआर लैब शुरू होने के बाद अब जिले में ही आरटीपीसीआर जांच की जा सकेगी अभी तक आरटीपीसीआर जांच के नमूने वाराणसी भेजे जाते थे